एक दो दिन में आ सकती हैं दोनो दलों की पहली सूचियां

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात में सरदार पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया

इस पर लगभग दो हजार चार सौ करोड़ रुपये की लागत आई है अनावरण समारोह के दौरान फ्लाई पास्ट के अलावा भारतीय सेना नौसेना और वायुसेना बैंड की देशभक्ति संगीत की प्रस्तृति हई वायुसेना के सूर्य किरण दस्ते ने प्रतिमा के ऊपर आकाश में राष्ट्र ध्वज के रंगों को रुपायित करते हुए हवाई कलाबाजी प्रस्तुत की इस अवसर पर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा गुजरात पंजाब असम और मिजोरम के कलाकारों की लोकनृत्य प्रस्तुति भी हई प्रधानमंत्री ने प्रतिमा के निकट एकता की दीवार का भी अनावरण किया इसे देश के विभिन्न राज्यों से एकत्र की गई माटी से बनाया गया है इधर प्रदेश में भी सरदार पटेल का जन्म दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है इस मौके पर प्रदेशभर में रन फोर यूनिटी यानी एकता के लिये दौड लगाई गई जयपुर में रामनिवास बाग से गांधी सर्किल तक रन फोर यूनिटी का आयोजन किया गया इसमें राज्य के मुख्य सचिव डी बी गूप्ता सहित वरिष्ठ अधिकारियों छात्र छात्राओं एनसीसी कैंडेट्स और पुलिसकर्मियों ने भाग लिया श्री गुप्ता ने बताया कि लोगों में एकता की भावना बनाये रखने के लिये इस तरह के आयोजन महत्वपूर्ण होते है

इस अवसर पर नई दिल्ली में शक्ति स्थल पर बड़ी संख्या में विभिन्न नेताओं ने उन्हें श्रृद्धासुमन अर्पित किये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी श्रीमती गांधी की सेवाओं को याद किया प्रदेश में सात दिसम्बर को होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्तारुढ़ भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों को चयन को लेकर चल रही जोर आजमाइश के बीच प्रत्याशियों की पहली सूची एक दो नवम्बर तक आ सकती है

बैठक में सबसे पहले उन सीटों पर विचार किया जायेगा जहां उम्मीदवार को लेकर ज्यादा खींचतान नहीं है दो बार चुनाव हार चुके उम्मीदवारों को इस बार मौका नहीं देने की संभावना है पैराशूट उम्मीदवारों को भी महत्व नहीं दिया जा रहा है कल दिल्ली में चुनाव संचालन समिति की बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने उम्मीदवार चयन के बारे में अपनी राय दी हुं इधर भारतीय जनता पार्टी भी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची कल दिल्ली में होने वाली संसदीय समिति की बैठक के बाद जारी कर सकती है स्थानीय इकाई जिन सीटों पर विवाद नहीं है उनके उम्मीदवारों का पैनल दिल्ली भेज रही है भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर ने बताया कि भाजपा संसदीय बोर्ड उचित समय पर सही निर्णय करेगा

मुख्य रैली गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में निकलेगी जिसमें सभी जनप्रतिनिधि शामिल होंगे रैली टाउन हॉल में आमसभा में परिवर्तित होगी रैली के दौरान कार्यकर्ता अब तक किए कार्यों और योजनाओं का प्रचार करेंगे विधानसभा चुनाव में इस बार सुगम मतदान थीम के तहत दिव्यांगों के लिये मतदान केन्द्रों पर विशेष व्यवस्थायें की जा रही है दिव्यांगों का शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिये प्रशासन प्रयासरत है बाडमेर जिले में भी इसी उद्देश्य के मद्देनजर विभिन्न कार्यकम हो रहे है

जैसलमेर और अहमदाबाद के बीच आज से हवाई सेवा शुरू हो रही है हमारे संवाददाता ने बताया कि जैसलमेर में लगातार हवाई सेवाओं का विस्तार हो रहा है

जोधपुर शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण के लिए मोटरसाइकिल गश्ती दल तथा छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लेडी पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया है यह दोनो गश्ती दल आज से शहर में गश्त करेंगे पुलिस उपायुक्त मुख्यालय और यातायात गगनदीप सिंगला ने बताया कि पुलिस व्यवस्था को और मजबूर्ती प्रदान करने के लिए मोटरसाइकिल गश्त सिग्मा और लेडी पेट्रोलिंग यूनिट शक्ति गठित की गई है सिग्मा के लिए बाइक और शक्ति के लिए मोपेड उपलब्ध कराई गई है

एक दो दिन में आ सकती हैं दोनो दलों की पहली सूचियां